अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को आयोजित होने वाला यह दिवस विश्व में महिलाओं को बराबरी और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे महिलाओं विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों समूहों और संस्थानों को ये वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने निवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का ट्विटर अकांउट उपलब्धियां हासिल कर चुकी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्मरता के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी महिलाओं का प्रवेश आज निःशुल्क रहेगा

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन और विदेश मंत्री डाक्टर सुब्रहाण्यम जयशंकर भी शामिल हुए प्रधानमंत्री ने सभी विमागों के अब तक किए गए कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए और लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरुकता पैदा करने पर जोर देना चाहिए ईरान में मौजूद भारतीयों को वापस बुलाने और उनकी तत्काल जांच के बारे में योजना बनाने को भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने त्वरित कार्रवाई के लिए राज्यों के बीच प्रभावी तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि शैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी की शिकायत मिली तो विभाग की ओर से छापेमारी की जायेगी श्री गुप्ता कल जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि झारखंड में अब तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है विदेशों से पहुंचे दस लोगों का डॉक्टरों की टीम ने जांच की है जिसमें किसी का भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया है खूंटी जिले में अटल टिंकरिंग लैब बच्चों की प्रतिभा को तराशने का बेहतर माध्यम साबित हो रहा है खूंटी के डीएवी विद्यालय से बीस बच्चों ने अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से अपने अपने प्रोजेक्ट का डेमो दिखाया कृषि पशुपालन मत्स्य पालन और सहकारिता मंत्री बादल ने कहा है कि प्रदेश के जरूरतमंदों के लिए दस हजार नए राशन कार्ड जल्द बनाये जाएंगे उन्होंने कहा कि बीपीएल और एपीएल सभी परिवार की महिलाओं को सरकार द्वारा गाय दी जायेगी कृषिमंत्री कल देवघर में जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करायेगी उन्होंने बताया कि झारखंड की भौगोलिक और खेती की परिस्थितियां भिन्न है यहां ईख की जगह सब्जी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके उन्होंने कहा कि विमाग द्वारा सब्जियों के लिए समर्थन मूल्य लागू करने को लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और जल्द ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा रांची विश्वविद्यालय आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना सामुदायिक रेडियो खांची का शुभारंभ करेगा इसे एफ एम पर नब्बे दशमलव चार मीटर पर सुना जा सकता है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडेय ने इस रेडियो स्टेशन को उन सभी महिलाओं को समर्पित किया है जो प्रुषों की प्रगति में सदैव प्रेरणा रही हैं झारखंड की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू रेडियो खांची का उद्घाटन करेंगी इसे झारखंड सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने प्रायोजित किया है रेडियो खांची ने अपनी सिग्नेचर ट्यून बनाई है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडेय ने इस रेडियो स्टेशन के प्रारंभिक दो वर्षो में तकनीकी संचालन में सहायता देने के लिए आकाशवाणी के रांची केंद्र से अनुरोध किया है

इस रेडियो स्टेशन से विद्यार्थियों को शैक्षणिक सांस्कृ तिक परीक्षाओं महत्वपूर्ण तिथियों और प्लेसमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी

भारतीय महिला टीम ने पहली बार आई सी सी ट्वेंटी ट्वेंटी विश्व कप फाइनल में जगह बनायी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनल मैच के लिए दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ टीम को जीतना चाहिए